भाजपा की पहली सूची में एक सौ सतहत्तर उम्मीद्वारों के नाम

रात तक आ सकती है पहली सूची

उम्मीदवारों की ओर से नामांकनपत्र कार्यालयीन समय में नौ नवंबर तक दाखिल किए जा सकेंगे

नाम वापसी की प्रक्रिया के बाद चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की अन्तिम सूची जारी कर दी जायेगी

वहीं हमारे उमरिया संवाददाता ने बताया है कि जिले की दोनो विधानसभा सीट बांधवगढ़ और मानपुर के निर्वाचन के लिए आज कोई भी नाम निर्देशन पत्र नहीं भरा गया उधर सागर में भी एक भी नामांकन पत्र नहीं भरा गया जबकि अशोकनगर विधानसभा सीट से एक नामांकन भरा गया प्रदेश के तीन विधानसभा क्षेत्रों लांजी परसवाड़ा और बैहर में मतदान सुबह सात बजे से अपराह तीन बजे तक होगा

मंत्री माया सिंह हर्ष सिंह और गौरीशंकर शेजवार सहित दो दर्जन से अधिक विधायकों के टिकट काट दिए गये है गौरीशंकर शेजवार के स्थान पर उनके बेटे मुदित शेजवार को सॉची से और हर्ष सिंह के बेटे विकम सिंह को रामपुर बघेलान से टिकट दिया गया है देवास शाजापूर से सांसद मनोहर ऊंटवाल को आगर से और पन्ना खजुराहो सीट से सांसद नागेन्द्र सिंह को नागौद से प्रत्याशी बनाया गया है वहीं मंत्री ललिता यादव जो कि वर्तमान में छतरपुर से विधायक हैं उनको बड़ा मलहरा से टिकट दिया गया है

भोपाल मध्य से सूरेन्द्रनाथ सिंह भोपाल दक्षिण पश्चिम से उमाशंकर ग्रप्ता नरेला से विश्वास सारंग बैरसिया से विष्णु खत्री हुजूर से रामेश्वर शर्मा को टिकट दिया गया है जबकि गोविन्दपुरा सीट पर फिलहाल उम्मीद्वार की घोषणा नहीं की गई है इसी तरह नरसिंहपुर से मंत्री जालम सिंह पटेल जबलपुर पूर्व से अंचल सोनकर जबलपुर कैण्ट से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय ईश्वरदास रोहार्णी के बेटे अशोक रोहाणी पनागर से सुशील तिवारी और होशंगाबाद से विधानसभा अध्यक्ष डाक्टर सीतासरन शर्मा को उम्मीद्वार बनाया गया है

उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव जैन ने कल भोपाल स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और पत्र सचूना कार्यालय द्वारा आयोजित मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में बात कहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए एम्स के निदेशक प्रोफेसर सरमन सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि हम सबकों देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभाने की हर संभव प्रयास करने चाहिए और चुनावों में मताधिकार का विवेकपूर्ण प्रयोग करना इन जिम्मेदारियों में से एक हैं कार्यक्रम में पीआईबी भोपाल के उप निदेशक अखिल कुमार नामदेव ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देश में मतदान करना हर नागरिक का कर्तव्य और अधिकार है जिसका हर हाल में पालन हमें सुनिश्चित करना हैं कार्यक्रम में एम्स के विद्यार्थी फैकल्टी और अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे पेड न्यूज निगरानी पेड न्यूज पर नियंत्रण के लिए रायसेन कलेक्टर कार्यालय में स्थापित पेड न्यूज मॉनीटरिंग सेल का आज व्यय प्रेक्षकों ने निरीक्षण किया भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा क्षेत्र उदयपुरा तथा विधानसभा क्षेत्र भोजपुर के लिए नियुक्त किए गए व्यय प्रेक्षक मनीष कुमार सिंह और विधानसभा क्षेत्र सांची एवं विधानसभा क्षेत्र सिलवानी के लिए नियुक्त व्यय प्रेक्षक राजेश कुमार ने विधानसभा चुनाव के दौरान पेड न्यूज पर नजर रखने के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय में स्थापित पेड न्यूज मॉनीटरिंग सेल का निरीक्षण किया निरीक्षण के दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी एस प्रिया मिश्रा ने प्रेक्षकों को बताया कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप पेड न्यूज पर नियंत्रण के लिए यह सेल लगातार काम कर रहा है जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस सेल में स्थानीय केबल नेटवर्क सहित रीजनल चैनल पर चुनावी खबरों एवं विज्ञापनों को मॉनीटर किया जा रहा है वही बैतूल जिले में स्थित पांचों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में वीडियो निगरानी दल गठित किए गए हैं दिव्यांग कार्यक्रम पूर्व प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने आज नई दिल्ली में शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांगजनों के तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम संभव का उद्घाटन किया यह कार्यक्रम विदेश पर्यटन संस्कृति और आयुष मंत्रालयों के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है संभव दिव्यांग कलाकारों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जिसका उद्देश्य दिव्यांगों का समग्र विकास करना है इस कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश भूटान भारत ईरान म्यामां फिलीपीन्स रूस श्रीलंका तजाकिस्तान उज्बेंकिस्तान और वियतनाम के दिव्यांग कलाकार भाग ले रहे हैं जीएसटी वस्तु और सेवा कर प्रणाली जीएसटी के पिछले वर्ष जुलाई में लागू होने के बाद से दूसरी बार कर संग्रह एक लाख करोड़ रुपये का आकड़ा पार कर गया है

इस वर्ष अप्रैल में जीएसटी से एक लाख करोड़ रुपये से अधिक राशि प्राप्त हुई थी केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि जीएसटी के तहत कर संग्रह में बढ़ोत्तरी कम दरों भुगतान से बचने की प्रवृत्ति में सुधार अनुपालन में वृद्धि केवल एक ही कर होने और कराधान अधिकारियों की दखलंदाज़ी बहुत कम हो जाने से हुई है

प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने आज कहा कि सीबीआई ने अपील दायर करने में देरी की और जो वजह बताई वो भरोसे लायक नहीं हैं

पार्टी सूत्रों ने जानकारी दी है कि प्रदेश की दो सौ विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों के नामों पर सहमति बन गई है हालांकि तीस सीटों पर जद्दोजहद जारी है बताया जाता है कि उम्मीदवारों के चयन को लेकर पार्टी के बड़े नेताओं के बीच रस्साकसी के कारण सूची जारी करने में देर हो रही है बीते दिनों पार्टी के दो बड़े नेताओं दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच विवाद की खबरें भी सामने आई थीं हालांकि दोनो नेताओं ने इस बात का खण्डन किया था कि उनके बीच किसी तरह का कोई विवाद है मतदान दिव्यांग दिव्यांग मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से भिंड जिले में अनूठी पहल की जायेगीं जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव में दिव्यांग मतदाताओं से फोन लगाकर पूछा जाएगा कि उन्होंने मतदान किया या नहीं यदि किसी ने जवाब दिया कि वह मतदान नहीं कर पाया है या नहीं करने दिया गया तो इसके लिए जिला प्रशासन जिम्मेदार होगा फेस्टीवल ऑफ डेमोकेसी फेस्टीवल ऑफ डेमोकेसी के तहत आज भोपाल के शौर्य स्मारक पर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए फ्यूजन बैंड इंडियन ओशन ने प्रस्तुति दी इस कार्यकम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए यहां लोगों को अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए जागरुक किया गया